प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गरीबों के कल्याण और ग्रामीणों के रोजगार के सबसे बड़े अभियान गरीब कल्याण रोजगार अभियान का बिहार के खगड़िया जिले के तेलीहार गांव से ऑनलाइन श्भारंभ किया उन्होंने कहा कि एक सौ पच्चीस दिनों तक चलने वाले इस अभियान पर पचास हजार करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे इसके लिए गांवों में मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने की दिषा में पच्चीस कार्य क्षेत्रों की पहचान की गई है इस अभियान से जुड़कर श्रमिक अपने हुनर से गांवों को प्रगति की रास्ते पर आगे ले जा सकेंगे यह योजना झारखण्ड सहित देष के छह राज्यों में लागू की जायेगी

इसके जरिए गांव की जरूरतों को पूरा किया जाएगा उन्होंने कहा कि श्रमिकों के हुनर की पहचान की पहल शुरू कर दी गई है उन्हें उनके कौषल क्षमता के अनुसार रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा

इससे पहले प्रधानमंत्री ने लद्दाख में जवानों के बलिदान पर गर्व करते हुए कहा कि देष और सेना आपके साथ है उन्होंने बिहार रेजिमेंट के पराक्रम की सराहना करते हुए शहीद जवानों को नमन किया अभियान के शुभारंभ के मौके पर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के अलावा बिहार उत्तर प्रदेश राजस्थान मध्य प्रदेश झारखंड और ओडीसा के मुख्यमंत्री भी मौजूद थे प्रधानमंत्री ने दूसरे राज्यों से अपने घर लौटे प्रवासी मजदूरों से बातचीत भी की राज्य के गिरिडीह हजारीबाग और गोड़डा जिले को इस अभियान के लिए चुना गया है ये सभी जिले आकांक्षी जिलों के अंतर्गत आते हैं ग्रामीण विकास विभाग की सचिव आराधना पटनायक ने इन तीनों जिलों के उपायुक्त को इस अभियान के सिलसिले में आवश्यक निर्देश दे दिए हैं

झारखंड का हजारीबाग जिला भी राज्य के उन तीन जिलों में शामिल है हजारीबाग में प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम का लाइव प्रसारण टाउन हॉल में किया गया इस अवसर पर कई लोग उपस्थित थे

सुनील कुमार ने कहा है कि गोड़डा जिले में प्रवासी श्रमिकों को रोजगार देने के लिए पच्चीस प्रकार के काम कराये जायेंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रवासी मजदूरों के रोजगार को लेकर चिंता जताई है मुख्यमंत्री ने कहा है कि लॉकडाउन के दौरान मजदूरों को काफी परेषानियों का सामना करना पड़ा है मजदूरों को रोजगार कैसे उपलब्ध कराई जाये इसे लेकर राज्य सरकार योजना बना रही है

राज्य में कोरोना संक्रमितों की रिकवरी रेट उनहत्तर दषमलव तीन पांच प्रतिषत पहुंच चुकी है जबकि मौत की दर मात्र शुन्य दशमलव पांच पांच प्रतिशत है आज अब तक पूरे राज्य में दो मरीज मिले हैं जबकि तीस मरीज स्वस्थ हुए हैं इस तरह राज्य में अब कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर एक हजार नौ सौ सड़सठ हो चुकी है जबकि ग्यारह लोगों की मौत और एक हजार तीन सौ पैंसठ संक्रमित उपचार के बाद स्वस्थ हो चुके हैं राज्य में कुल पांच सौ बानवे सक्रिय मामले कोविड स्पेषल अस्पतालों में इलाजरत हैं

चिकित्सकों व कर्मियों ने कोरोना को मात देने वाले लोगों के सम्मान में ताली बजाकर उन्हें अपने घर विदा किया आज घर भेजा गया एक व्यक्ति बांग्लादेश से लौटा था और इलाज कराने के बाद कोरोना को मात देने में सफल हुआ

कोरोना से ठीक हुए मरीजों को जिला चिकित्सा पदाधिकारी डॉ दुर्गेश झा डॉ अजीत कुमार सहित अन्य पदाधिकारियों एवं कर्मियों ने ताली बाजकर व पृष्प देकर उन्हें अपने अपने घरों के लिए विदा किया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

सभी सैंपल जांच के लिए भुवनेश्वर भेजा जाएंगे

पलामू के डीपीएम दीपक कुमार गुप्ता ने बताया कि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद की चार सदस्यीय टीम दो दिनों के दौरे पर पहुंची

सैंपल को जांच के लिए भुवनेश्वर भेजा जाएगा

उन्होंने कहा कि सभी सैंपल जांच के लिए भुवनेश्वर जाएगा

शनिवार को रांची में बादल छाए रहे और हल्की बारिश हुई

झारखंड के अठारह लाख हेक्टेयर में धान की फसल लगाने का कृषि विभाग ने लक्ष्य रखा है